हमीरपुर ज़िला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के मैहरे में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय निर्माण संबंधी तैयार की गई डीपीआर पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कुछ आपत्तियां दर्ज की गई हैं जिन्हें दूर करने के लिए विश्वविद्यालय को कहा गया है

इससे पहले अनुराग ठाकुर ने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिला की रामगढ़धार पेयजल योजना अगले वर्ष तक बनकर तैयार होगी ऊना ज़िला के थानाकलां में आज एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश दिए

शिविर के दौरान कृषि अधिकारियों को कृषि कार्यक्रमों में सुधार व नई तकनीकों के प्रसार के बारे में जानकारी दी गई इस दौरान विशेष कृषि सचिव राकेश कंवर ने अधिकारियों को आगामी वर्ष में ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रभावी कार्य योजना बनाकर प्राकृतिक खेती से जोड़ने को कहा कार्यक्रम किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने अधिकारियों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं

माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शिमला नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को जनविरोधी करार दिया है शिमला से जारी एक बयान में पार्टी ज़िला सचिव संजय चौहान ने कहा है कि बजट में जनता को कोई भी राहत नहीं दी गई है उन्होंने कहा है कि टैक्स बढ़ाकर निगम ने लोगों पर और अधिक आर्थिक बोझ लादने का काम किया है

उन्होंने कहा कि बजट में नगर निगम कोई भी नई योजना देने में असमर्थ रहा है सम्मेलन सोलन में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा तीन दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है इस दौरान हिंदी के विकास प्रचार व प्रसार पर बल दिया जा रहा है

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर बर्फबारी जबकि अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है जिससे तापमान में गिरावट आई है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति और चंबा ज़िला के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने से शीतलहर बढ़ गई है शिमला ज़िला के फागू और छराबड़ा में हिमपात जबकि अन्य भागों में वर्षा हो रही है उधर सोलन ज़िले के कई भागों में भारी ओलावृष्टि हुई है जिससे इस मौसम की फसलें प्रभावित हुई है राज्य के निचले ज़िलों में दिनभर वर्षा के साथ अंधड़ चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा

हैलीकॉप्टर मांग लाहौल स्पीति जिले के जिस्पा के लिए हैलीकॉप्टर उड़ान न होने से लोगों में भारी रोष है

उन्होंने प्रदेश सरकार से जल्द उड़ान करवाने की मांग की है उड़ान इधर जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के लिए दो मार्च को हैलीकॉप्टर की तीन उड़ाने कराने का कार्यक्रम है पहली उड़ान भुंतर गोंदला भुंतर दूसरी भुंतर सिस्सू भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर जिस्पा भुंतर के बीच भरी जाएंगी ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी